विभिन्न पार्टियों के नेता और स्टार प्रचारक कर रहे हैं चुनावी सभाएं कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा आज वाराणसी में करेंगी रोड शो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सपा तथा बसपा पर जातिवादी राजनीति करने का लगाया आरोप बसपा प्रमुख मायावती ने कहा भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार में हुई है बढ़ोत्तरी केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा विकासशील देशों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सभी राष्ट्रों द्वारा विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों का सामूहिक संरक्षण जरूरी प्रदेश के अम्बेडकरनगर और कानपुर जिलों में हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में सात लोगों की मौत लोकसभा चुनाव के सातवें और अन्तिम चरण का प्रचार चरम पर पहुंच गया है विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशी के पक्ष में रैलियों और जनसभाओं को सम्बोधित कर रहे हैं इस चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश के तेरह सीटों पर आगामी उन्नीस मई को वोट डाले जायेंगे ये सीटें हैं महराजगंज गोरखपुर क्शीनगर देवरिया बांसगांव घोसी सलेमपुर बलिया गाजीपुर चन्दौली वाराणसी मिर्जापुर और राबर्ट्सगंज इस चरण से जिन प्रमुख उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला होना है उनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा और अनुप्रिया पटेल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पाण्डेय फिल्म अभिनेता रवि किशन और पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कॉप्रेस नेता आरपीएन सिंह शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बलिया में विजय सकल्प रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विपक्षी गठबंधन को महामिलावटी करार दिया विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा और बसपा हमेशा जाति की राजनीति करते हैं परन्तु लोग अब इस बात को जान गए हैं और सतर्क हो गए हैं उन्होंने कहा कि वे लोगों को गरीबी से निकालना चाहते हैं वे नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ियां पिछड़ेपन में रहें मेरी एक ही जाति है और मेरी जाति है गरीबी और इसलिए मैने गरीबी के खिलाफ बगावत की है साथियों इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिये इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा ने हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया श्री मोदी ने कहा कि इस चुनाव में उनकी पार्टी को गरीब महिलाओं सहित सभी का समर्थन मिल रहा है मैं तो मां बहनों और बेटियों के सम्मान में खड़ा हूं मैं गरीब के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए खड़ा है मैं समाज की आखिरी पक्ति में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको सशक्त करने के लिए जुटा हूं श्री मोदी ने कहा कि पूर्वांचल में रेल और सड़क सम्पर्क में सुधार आया है और इस दिशा में काम जारी है इससे अब इन जिलों में औद्योगीकरण की राह आसान हो रही है भाजपा के बरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कुशीनगर के हाटा में चुनावी जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले पांच वर्षो में सरकार ने जिस प्रतिबद्वता से देश की सेवा की है उससे दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है उन्होंने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस की निष्ठा देश के लिये नहीं बल्कि एक परिवार के प्रति है मुख्यमंत्री ने सपा और बसपा को परिवारवादी और अवसरवादी पार्टी बताया वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने कल बलिया के सलेमपुर क्षेत्र में सपा बसपा रालोद गठबंधन की संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीटें खाली होने के बावजूद भरी नहीं जा रही है उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में गरीब और अल्पसंख्यक परेशान हैं और भ्रष्टाचार में बढोत्तरी हई है इसके अलावा देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं सुश्री मायावती ने लोगों से गठबंधन प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बसपा प्रमुख ने कहा कि छह हजार रूपये प्रतिमाह से लोगों का भला नहीं होने वाला है उन्होंने कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह लोगों को स्थाई रोजगार देना सुनिश्चित करेगी सपा अव्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव देश में महापरिवर्तन लायेगा उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने लोगों को छला है और चुनाव में किये गए वादों को भाजपा ने पूरा नहीं किया है उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसी कल्याणकारी योजनाओं को भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है सपा प्रमुख ने दोहराया कि इस चुनाव के बाद देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा और नये भारत का मार्ग प्रशस्त होगा इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर ने कहा है कि पिछले पांच वर्षो में भाजपा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ गई है वह कल मऊ जिले में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज वाराणसी में अपने प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करेंगी रोड शो से पहले वह सलेमप्र संसदीय क्षेत्र में एक रैली को संबोधित भी करेंगी उधर सपा बसपा गठबंधन की ओर से मऊ और देवरिया में रैली का आयोजन किया जाएगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव महराजगंज में आज एक रैली को संबोधित करेंगे केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू ने कहा है कि विकासशील देशों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए समी राष्ट्रों द्वारा विश्व व्यापार संगठन के प्राव्धानों का सामूहिक संरक्षण जरूरी है संगठन के विकासशील देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक को कल नई दिल्ली में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन को वैश्विक व्यापार का अगुवा होना चाहिए और सभी सदस्य देशों के विकास में मदद करनी चाहिए वाणिज्य मंत्री ने कहा कि सभी सदस्य देशों को इस संगठन में मतमेद सुलझाने की प्रक्रिया में सुधार के प्रयास करने चाहिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया है कि दो हजार चौदह की तुलना में भाजपा दो हजार उन्नीस में ज्यादा सीटें जीतेगी नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रचार के दौरान उन्होंने कई स्थानों पर भाजपा के पक्ष में लहर देखी है उन्होंने कहा कि सरकार के आर्थिक प्रबंधन के कारण इस चुनाव में मुद्रास्फीति मुद्दा नहीं है आजादी हासिल होने के बाद जब से आम चुनावों का सिलसिला प्रारम्भ हुआ है

गृहमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बार बार होने वाली हिंसा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वहां की मुख्यमंत्री हिंसा को रोक नहीं पा रही हैं बह्जन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री की नाव डूब रही है इसका जीता जागता प्रमाण है कि भारी जन विरोध को देखते हुये स्वयंसेवक संघ ने भी उनका साथ छोड़ दिया है संघ की सेवा चुनाव में कहीं भी नजर नही आ रहे हैं सुश्री मायावती आज लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत कर रही थीं उन्होंने कहा कि देश को अब साफ सुथरी छबि का प्रधानमंत्री चाहिये प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने सातवें चरण में स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के साथ ही मतदाताओं से बढ़ चढ़ कर वोट डालने का आह्वान किया है श्री लू ने कल मऊ जिले के मझवारा इलाके में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में कहा कि लोगों को स्वयं मतदान करने के साथ ही अन्य लोगों को भी इसके लिये प्रेरित करना चाहिये जिससे प्रजातंत्र और मजबूत हो सके बाद में श्री लू ने पत्रकारों से बात करते हए बताया कि मतदातओं को शत प्रतिशत मतदान पर्ची का वितरण कराने और लोगों की सहायता के लिये मतदाता मित्रों की तैनाती की गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि काशी ने उनके राजनीतिक और निजी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है नरेन्द्र मोदी ऐप द्वारा वाराणसी के लोगों को भेजे संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि इस क्षेत्र के लोग उनके करीब हैं और वे उनका प्रतिनिधित्व करते हैं प्रदेश के अम्बेडकरनगर और कानपुर जिलों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में सात लोगों की मौत हो गई अम्बेडकर नगर जिले के सम्मनपुर थाना क्षेत्र के खप्रा के पास कल मोटरसाइकिल को बचाने के प्रयास में एक कार अनियंत्रित होकर डम्पर से टकरा कर पलट गई पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार सवार लोगों को बाहर निकाला लेकिन तब तक मौके पर ही उनकी मौत हो गई मोटर साइकिल सवार को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में हाईवे के किनारे सो रहे पिता सहित दो पुत्रों पर ट्रक पलटने से तीन लोगों की मौत हो गई